प्रदेश में सहकारिता विभाग में जल्द एक हजार खाली पदों को भरा जाएगाउत्तराखंड के मूल निवासियों को मिलेगी नौकरी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ किया दूरदर्शन जल्द शुरू करेगा चौबीस घंटे का चैनल डीडी उत्तराखंड दूरदर्शन की महानिदेशक सुप्रिया साहू ने मुख्यमंत्री से मुलाकात में दी जानकारी

देहरादून में प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ पूरे देश की जनता को मिला है

सरोज पांडेय ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा उन्होंने महागठबंधन को विपक्ष का ढकोसला करार दिया उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी दल सिर्फ एक मजबूत व्यक्ति के खिलाफ खड़े हुए हैं ये मोदी सरकार की उपलब्धि है स्लग धन सिंह रावत प्रदेश के उच्च शिक्षा सहकारिता एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग में जल्द ही एक हजार रिक्त पदों में भर्तियां की जाएगी जिसमें उत्तराखंड के मूल निवासियों को नौकरी दी जाएंगी आज रुद्रपुर पहंचे डॉ धन सिंह रावत ने सहकारी बैंक के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया

उन्होंने बताया कि द्रदराज के गांवों को बैंकों से जोड़ने के लिए मोबाइल वैन एटीएम की सुविधा भी दी जाएगी

साथ ही वाहनों की पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी स्लग मौसम प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है रविवार को उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है

जबकि देहरादून हरिद्वार पौड़ी नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है स्लग सरस मेला हल्द्वानी में चल रहा सरस मेला पूरे रंग में है हर रोज मेले में बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों में बिक्री भी खूब हो रही है शुक्रवार को मेले में पहुंचे प्रदेश के परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली वस्तुओं की इस राष्ट्रीय प्रदर्शनी से ग्रामीण उद्यमियों को बाजार मिला है

इसके अलावा मरीजों के सहयोग के लिए एम्स ऋषिकेष में दो आरोग्य मित्र और आयुष्मान योजना के तहत इम्पैनल्ड सभी अस्पतालों में एक आरोग्य मित्र नियुक्त किये जायेंगे रुद्वप्रयाग में शुक्रवार को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने एक साल के अन्दर सभी जिलों में आईसीय की सुविधा उपलब्ध कराने की बात भी कही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के उद्देश्य की विस्तार से जानकारी दी योजना के तहत लाभार्थियों को पांच लाख रूपये की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और तेरह सौ से ज्यादा बीमारियों का निशुल्क इलाज किया जा सकेगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए अठत्तर करोड़ अड़सठ लाख रुपये की र्योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया उन्होंने भीमसेन आजीविका स्वायत्त सहकारिता भीरी ब्लॉक अगस्त्यमुनि में प्रोजेक्ट स्पर्श के तहत सैनेट्री नैपकिन यूनिट का उदघाटन भी किया स्लग दूरदर्शन महानिदेशक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दूरदर्शन से राज्य के अज्ञात पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम बनाकर उनका प्रचार प्रसार करने की अपेक्षा की देहरादून में आज दूरदर्शन की महानिदेशक सुप्रिया साहू से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरदर्शन जनसामान्य तक प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पहंचाने का काम करें

इससे उत्तराखंड का प्रसारण पूरे देश के लोग देख सकेंगे उन्होंने कहा कि दूरदर्शन इसके लिए आवश्यक तैयारी कर रहा है मुख्यमंत्री ने दूरदर्शन को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया इससे पहले दूरदर्शन महानिदेशक ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से भी मुलाकात की मुख्य सचिव ने भी दूरदर्शन को सहयोग का आश्वासन दिया

कार्यशाला में युवाओं को संस्थान में प्रवेश परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई

कार्यशाला में एफटीआईआई प्रणे के निदेशक भूपेन्द्र केँथोला फिल्म मेकर शालीन शाह और सिनेमैटोग्राफर राजेश शाह ने छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब दिये

राज्य सुचना महानिदेशक दीपेन्द्र चौधरी ने कहा कि यह कार्यशाला छात्र छात्राओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी इस कार्यशाला का आयोजन एफटीआईआई पुणे द्वारा उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के सहयोग से किया गया

स्लग रणजी उत्तराखंड नागपुर में रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विदर्भ की टीम ने उत्तराखंड पर बड़ी जीत दर्ज की